प्रदेश के तीन अलग अलग स्थानों पर बादल फटने से निजी व सरकारी सम्पत्ति को हुआ भारी नुक्सान प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना ने कुल्लू जिला के किसानों की बदली किस्मत शिमला कालका विश्व धरोहर रेलगाड़ी में कल होगी अनूठी साहित्यिक गोष्ठी श्रद्वांजलि पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने आज प्रदेश भर में शोक सभाओं का आयोजन किया शिमला में जिला भाजपा ने स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्वांजलि अर्पित की इस दौरान पार्टी को प्रदेशाध्यक्ष सतपाल सत्ती ने कहा कि अटल जी का हिमाचल से अट्ट नाता था उन्होंने कहा कि वाजपेयी ने सभी राजनैतिक दलों को एक परिवार की तरह चलना और सभी को देशहित में काम करना सिखाया सत्ती ने कहा उन्होंने पार्टी को अपना जीवन समर्पित कर खड़ा किया इस मौके पर शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने अटल बिहारी वाजपेयी की शिमला से जुड़ी यादों को कार्यकर्त्ताओं के साथ सांझा किया उन्होंने कहा कि अटल जी की कूटनीति और विदेश नीति पूरे विश्व में जानी जाती थी भाजपा प्रवक्ता ऋतु सेठी ने अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्वांजलि अर्पित करते हुए कहा कि राजनीति में उनके साथ काम करते हुए उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिला सेठी ने कहा कि वाजपेयी ने ईमानदारी और निर्मीक होकर काम करने की सीख दी जो हमेशा याद रहेगी

धूमल ने कहा कि उनके जैसी महान शख्सियत न कोई हुई है और न मविष्य में होगी र्सोलन में आयोजित श्रद्वांजलि कार्यक्रम में विभिन्न संस्थाओ के लोगों सहित सांसद वीरेंद्र कश्यप सामाजिक न्याय व अधिकरिता मंत्री राजीव सहजल और विधायक धनीराम शांडिल ने अटल बिहारी वापजेपी को श्रद्धांजलि अर्पित की सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री राजीव सहजल ने कहा कि अटली जी को कभी भुलाया नहीं जा सकता और वे सभी के दिलों में अटल रहेंगे

कुल्लू के ढालपुर में आयोजित शोक सभा में जिले के भाजपा नेताओं व कार्यकर्त्ताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्दांजलि दी इस दौरान वक्ताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री को कुल्लू जिला के साथ उनके स्नेह को याद किया

इस दौरान चंबा सदर के विधायक पवन नैय्यर व भरमौर के विधायक जीया लाल कप्र सहित अन्य वक्ताओं ने स्वर्गीय वाजपेयी के जीवन पर प्रकाश डाला और उनके पदचिन्हों पर चलने का संकल्प लिया जिला कांगड़ा के देहरा में ज्वालामुखी जसवां परागपुर और देहरा विधानसभा क्षेत्र के भाजपा कार्यकर्त्ताओं ने स्वर्गीय वाजपेयी के चित्र पर श्रद्धासुमन अर्पित किए इस दौरान उद्योग मंत्री विक्रम ठाकुर और ज्वालामुखी के विधायक रमेश ध्वाला विशेष तौर पर उपस्थित रहे उद्योग मंत्री बिक्रम ठाकुर ने कहा कि भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को राष्ट्र के प्रति उनके योगदान के लिए हमेशा याद रखा जाएगा नुक्सान प्रदेश में तीन अलग अलग स्थानों पर बादल फटने की घटनाओं में सम्पत्ति को भारी नुक्सान हुआ है मनाली मणीकर्ण और शिमला के झाकड़ी में बादल फटने की घटनाएं सामने आई हैं झाकड़ी में कल रात बादल फटने से सुरू कूट खड़ड में बाढ़ आ गई और यहां पुल बहने से सुरू व कूट गांवों का संपर्क अन्य क्षेत्रों से कट गया इधर कूल्लू जिला के मनाली और मणीकर्ण में आज तड़के बादल फटने की घटनाओं में लाखों रुपए की सम्पत्ति नष्ट हो गई

उघर मनाली के समीप धुंधी गांव में सिंचाई व जनस्वास्थ विमाग की र्पेयजल और सिंचाई योजना को नुक्सान पहुँचा है हालांकि इन तीनों घटनाओं में किसी तरह के जानी नुक्सान की कोई सूचना नहीं है लेकिन सरकारी व निजी सम्पत्ति को लाखो का नुक्सान हुआ है प्रशासन की ओर से राहत मैनुअल के तहत प्रभावितों को फौरी राहत दी गई है सुरेश भारद्वाज शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने आज शिमला में कृष्णा नगर वार्ड का दौरा किया और बरसात से हुए नुकसान का जायजा लिया उन्होंने लोगों की असुविधा को देखते हुए जिला प्रशासन को समय बद्ध हर सम्मव कदम उठाने के निर्देश दिए भारद्वाज ने कृष्णा नगर और शहर के अन्य क्षत्रों में भारी बारिश से प्राभावित हुई जनसेवाओं को शीघ बहाली के भी प्रशासन को निर्देश दिए कृषि सिंचाई योजना प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना कुल्लू जिला के किसानों व बागवानों के लिए वरदान साबित हो रही हे योजना के तहत किसानों को खेतों में जल भंडारण टैंक बनाने के लिए सहायता दी जा रही है जिससे पर्याप्त पानी मिलने पर फसलों की खूब पैदावार हो रही है अच्छा फसल उत्पादन होने से किसानों की आर्थिकी भी सुदृढ़ हुई है

इसके तहत किसानों व बागवानों को कृषि विमाग द्वारा पानी के टैंक बनाने के लिए धनराशि दी जा रही है कुल्लू जिला के किसान इस योजना का लाभ लेकर बेहतर सफल उत्पादन कर रहे हैं

हिमालय साहित्य संस्कृति एवं पर्यावरण मंच और नव प्रयास के संयुक्त तत्वावधान में होने वाली इस गोष्ठी को बाबा भलखू को समर्पित किया गया है शिमला से बड़ोग और बड़ोग से शिमला तक रेलगाड़ी में चलने वाली इस गोष्ठी में कविता गजल कहानी और संस्मरण के सत्र रखे गए हैं